प्रदेश में बने आयुष्मान भारत निरामयम योजना के रिकार्ड दो करोड़ कार्ड

बाईस जिलों में नहीं मिला कोरोना का कोई मामला प्रतिदिन मिल रहे मरीजों की संख्या भी दो सौ से कम हुई राफेल देश के राफेल बेड़े में तीन लड़ाकू जेट विमानों की तीसरी खेप शामिल हो गई ये विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद बिना रूके कल रात भारत पहुंचे भारतीय वायु सेना ने कहा कि तीन राफेल विमानों की तीसरी खेप भारतीय वायुसेना के अड्डे पर उतरी

इससे पहले फ्रांस से ये विमान दिन में रवाना हुए थे अंबाला स्थित राफेल स्क्वाड्रन में नए जेट विमानों के शामिल होने से भारतीय वायु सेना शक्ति और बढ़ जाएगी

आयुष्मान भारत प्रदेश में आयुष्मान भारत निरामयम योजना में रिकॉर्ड दो करोड़ कार्ड बनाए जा चुके हैं

प्रधानमंत्री एनसीसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा मैदान में एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को संबोधति करेंगे इस अवसर पर रक्षामंत्री प्रमुख रक्षा अध्यक्ष तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे कैडेटो के मार्च पास्ट की समीक्षा करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे

इनमें कहा गया है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाऐंगे कि लोग मास्क पहनें बार बार हाथ धोयें और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करें निर्देशों के अनुसार अब सिनेमा हॉल और थिएटरों में और अधिक सीटिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी वहीं स्वीमिंग पूल में सबको जाने की अनुमति होगी हालंकि इनके लिए सम्बंधित विभागों से अलग से निर्देश जारी होंगे अंतर्राष्ट्रीय उडानों को बढाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को स्थिति के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के परामर्श से निर्णय लेने की अनुमति दी गई है

इससे गाँव में विकास कार्यो का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा ग्राम के विकास के लिए कुलपति प्राचार्य और विद्यार्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी शीघ्र ही यह पहल की जाएगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विभागीय गतिविधियों पर आधारित चाय पर चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री डा मोहन यादव ने जानकारी दी कि क्षेत्र विशेष के विकास के अलावा सामाजिक क्रीतियों की समाप्ति के लिए भी अब महाविद्यालय आगे आएंगे युवा शक्ति का इसमें उपयोग किया जाएगा उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि कुछ अन्य नवाचार भी किए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग कुछ ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करेगा जो ग्रामीण युवाओं को स्व रोजगार और विभिन्न संस्थाओं में प्लेसमेंट के लिए तैयार करेंगे इससे सरकारी नौकरी पर निर्भरता को घटाया जा सकेगा प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना के नये मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है

प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जारी है

फसल बीमा रायसेन जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बैको द्वारा कई किसानों से फसल बीमा की प्रीमियम राशि तो काट ली गई किन्तु इसका उल्लेख फसल बीमा पोर्टल पर नहीं किया गया इसके फलस्वरूप बीमा कंपनी से बीमा दावा राशि किसानों को प्राप्त नही हो पाई किसानों की शिकायतों के निराकरण के संबंध में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई

इंदौर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई है इस बैठक में जल जीवन मिशन के क्रियान्यन के संबंध में चर्चा की जायेगी